गंडक बूढ़ी गंडक बागमती कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर

नेपाल और उत्तर बिहार के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण राज्य की नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी है कई नदियों खतरे के निशान से ऊपर बह रही है लालबकैया और बागमती नदी का पानी सड़क पर चढ़ने से मोतिहारी शिवहर के बीच सड़क सम्पर्क भंग हो गया है जबकि मधुबनी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक सौ चार पर लदनिया के पास चार फीट पानी बह रहा है सीतामढ़ी में अधवारा समूह की नदियों में आये उफान से लखनदेई नदी पर दुलालपुर पुल के पास बना डाईवर्जन बह गया है जिससे दर्जनों गांव का मुख्यालय से सड़क सम्पर्क ट्रट हो गया है मुजफ्फरपुर में गंडक ब्रुढ़ी गंडक और बागमती नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण पांच प्रखंडों में अलर्ट जारी कर दिया गया है इधर दरभंगा के घनश्यामपुर प्रखंड के कई गांव बाढ़ के पानी से घीरे हुये हैं पश्चिम चम्पारण में ओरिया करताहा और रागी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश से कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण सहरसा सुपौल और मधेपुरा जिले के नीचले इलाकों में नदियों का पानी फैलने लगा है जल संसाधन विभाग की ओर से दी गयी सूचना के अनुसार कोसी नदी बराह में इस वर्ष के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गयी है विभाग ने सभी अभियंताओं को सतर्क किया है राजधानी पटना सहित राज्य के कई इलाकों में तापमान में तीन डिग्री वृद्धि होने के कारण उमस बढ़ गयी है वहीं मौसम विभाग ने अपने पुर्वानुमान में कहा है कि पटना और उसके आस पास के इलाकों में अगले अड़तालीस घंटों में हल्की से मध्यम जबकि सात जुलाई के बाद भारी बारिश की सम्भावना है उत्तर बिहार के जिलों में ट्रर्फ लाईन बने होने के कारण भारी बारिश हो रही है रेल मंत्रालय ने अररिया सुपौल नये रेल लाईन के लिए एक हजार छह सौ पांच करोड़ रूपये की मंजूरी दी है अररिया से सुपौल के बीच पंचानवे किलोमीटर की दूरी में नया रेलखंड बनाया जायेगा रेलवे बोर्ड के सदस्य एमके गुप्ता ने राज्य के ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है श्री यादव ने इन रेल लाईन परियोजना को सामरिक द्रष्टिकोण से महत्वपूर्ण बताते हुये कहा कि अररिया और सुपौल जिला प्रशासन को इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिये गये हैं पटना मेट्रो के निर्माण का कार्य इसी वर्ष शुरू हो जायेगा और दो हजार चौबीस तक पहले चरण के दो रूटों पर काम पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमिटी ने मेट्रो ट्रेन के डीपीआर को मंजूरी दे दी अब इसे लोक वित्त समिति की मंजूरी के बाद कैबिनेट में भेजा जायेगा और उसके बाद केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय की अंतिम मंजूरी के बाद निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा पहले चरण में दो रूटों दानापुर से सगुना मोड़ होते हुये पटना जंक्शन तक जबकि दूसरा रूट पटना जंक्शन से बेरिया में प्रस्तावित बस अड्डे तक बनेगा ग्राम पंचायत के दो हजार चार सौ चौहत्तर पदों पर होने वाले उपचुनाव में कई पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है इन पदों में सरपंच पंच और वार्ड सदस्य के पद शामिल हैं आठ जुलाई को पंचायत के कई रिक्त पदों पर मतदान होना है अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पटना और नालंदा की जेलों में बंद कुख्यात अपराधियों को अन्य जिलों में हस्तांतरित किया जायेगा उप महानिरीक्षक मध्य राजेश कुमार ने बताया कि वैसे कैदियों की सूची बनायी जा रही है जो हत्या लूट और रंगदारी जैसे अपराधिक मामलों में छह माह से अधिक समय से एक ही जेल में बंद है खान और भू तत्व विभाग ने कहा है कि राज्य में बालू का कोई अभाव नहीं है जरूरत के अनुरूप बालू का पर्याप्त भण्डारण कर लिया गया है विभाग के निदेशक असांगवा चूबा आओ ने बताया कि नदियों में फिलहाल तीस सितम्बर तक बालू खनन पर लगी रोक के कारण पर्याप्त मात्रा में बालू का भंडारण किया गया है उन्होंने कहा कि बालू बंदोबस्तधारियों से बालू की कीमतों में कमी लाने के लिए कहा गया है साथ ही बनावटी किल्लत उत्पन्न करने और बेवहज कीमतों में वृद्धि पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गयी है विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बालू की दर एक हजार रूपये से तेरह सौ रूपये प्रति सौ सीएफटी निर्धारित है किसी तरह के शिकायत के लिए शून्य छह एक दो दो दो एक पांच तीन पांच शून्य पर की जा सकती है वित्त आयोग की टीम राज्य के चार दिवसीय दौरे पर नौ जुलाई को पटना आएगी पन्द्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह की अध्यक्षता में टीम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही सभी विभागों के मंत्रियों और प्रधान सचिवों के साथ विशेष बैठक करेगी आयोग की टीम विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेगी बिहार विद्यालय समिति ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा दो हजार उन्नीस के लिए ऑनलाईन रजीस्ट्रेशन की तिथि जारी कर दी है रजीट्रेशन की प्रक्रिया पांच जुलाई से बीस जुलाई तक चलेगी इधर समिति ने इंटर कम्पार्टमेंटल परीक्षा की तिथि बढ़ा दी है अब ये परीक्षा नौ जुलाई की जगह तेरह जुलाई से शुरू होगी और बीस जुलाई तक चलेगी पटना उच्च न्यायालय ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को मैट्रिक दो हजार सत्रह की द्वितीय टॉपर भाव्या कुमारी के रिजल्ट में सुधार करने का आदेश दिया है इसके लिए समिति को दो सप्ताह का समय भी दिया गया है सिमूलतला आवासीय विद्यालय की छात्रा भाव्या के रिजल्ट में सुधार कर यदि समिति चार अंक देता है तो एक बार फिर शीर्ष सूची में बदलाव हो जायेगा गौरतलब है कि भाव्या ने न्यायालय में दावा किया था कि हिन्दी के दो दो अंक के दो प्रश्नों के सही उत्तर देने के बाद भी उसे अंक नहीं दिये गये गुजरात में कल से नौ जुलाई तक आयोजित हो रहे खेलो इंडिया नेशनल गैम्स दो हजार अठारह में भाग लेने के लिए स्पेशल्स ओलंपिक्स बिहार की तेरह सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गयी है

हिन्दुस्तान का शीर्षक है पटना में दो हजार बाईस तक दौड़ेगी मेट्रो दैनिक जागरण की सुर्खी हे सुप्रीम कोर्ट ने गोरक्षा के नाम पर हिंसा पर फैसला रखा सुरक्षित न्यायालय ने कहा भीड़ की हिंसा रोकना राज्यों का है दायित्व

गंडक बूढ़ी गंडक बागमती कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर